नवी मुम्बई के खारघर में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा जनता जवाब मांग रही है कि इन अपराधियों को भगाने में किसने मदद की और इन लोगों का उनके व्यापार और कारोबार से क्या संबंध था गौरतलब है कि सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद इस मामले के प्रमुख अभियुक्त दाऊद इब्राहीम टाइगर मेमन और अन्य अपराधी पाकिस्तान भाग गए उस समय विपक्ष ने शरद पवार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार पर अंडरवर्ल्ड के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया था हालांकि श्री पवार और उनके सहयोगियों ने इन आरोपों से इनकार किया

मुम्बई में उन्होंने एनसीपी दल को लेकर भाजपा के बयान पर कहा कि पिछले पांच सालों के दौरान एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उन्होंने शरद पंवार और प्रफल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रफुल्ल पटेल ईडी के के सामने पेश होते रहे हैं वहीं शरद पंवार भी मनी लोन्ड्रिंग के केस में अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके है वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का मुखोटा पहनकर राजनीति कर रही है

बाडमेर जैसलमेर और जोधपुर के अलावा बीकानेर में भी पाकिस्तान की तरफ से आये टिडि्डयों के समूह देखे जा रहे है जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन लगातार स्थिति पर नजर बनाये हुए है हमारे बाडमेर संवाददाता ने बताया कि जिले के शिव गडरा रोड और गिडा तहसील के कई गांवों में टिडि्डयों के दल देखे गये है

राजफैड की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि अजमेर नागौर टोंक सीकर और जैसलमेर जिलों में कुछ केन्द्रों पर पंजीयन पूरा हो चुका है लेकिन अधिक मूंग उत्पादन की स्थिति में आज से इन जिलों में पंजीयन फिर से शुरू किया जाएगा

सवाईमाघोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी करवा चौथ को लेकर महिलाओं और युवतियों में खासा उत्साह है